कांग्रेस के कथित आपत्तिजनक टिवट पर भाजपा ने केंद्रीय चुनाव आयोग से की शिकायत

निर्वाचन आयोग अधिसूचना भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा के पहले चरण के चुनावों के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी है

जयराम ठाक्र मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को अपने अपने क्षेत्र के लोगों तक पहंचाएं तथा उन्हें जनकल्याणकारी योजनाओं की खूबियों के बारे में भी बताएं जयराम ठाकुर आज सराज विधानसभा क्षेत्र के बगसयाड़ में इस क्षेत्र के भाजपा ग्रम केंद्र अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष बूथ पालक और कार्यकर्ताओं को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने जनता से भी आग्रह किया कि वह नरेन्द्र मोदी को फिर से सत्ता सौंपने के लिए लोकसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन दें उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने हर वर्ग के लिए योजनाएं शुरू की हैं जिससे लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं इस अवसर पर बड़ी संरव्या में क्षेत्र के लोग कांग्रेस छोडकर भाजपा में शामिल हुए धूमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कृमार ध्रमल ने पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव के दौरान दिनरात मेहनत कर पार्टी और सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आहवान किया है ताकि पार्टी के लिए अधिक से अधिक वोट जुटाए जा सकें धूमल आज हमीरपुर के टौणी देवी में सुजानपुर भाजपा मंडल की एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता भाजपा द्वारा किए गए कार्यो को अपना बताकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं

कपूर ने कहा कि भरमौरी के अलावा कांग्रेस आज दिन तक गद्दी समुदाय के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दे पाई है किशन कपूर आज धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस गददी समुदाय का हितैषी करने का ढोंग रच रही है उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस देश की जनता का विश्वास खो चुकी है और इसी कारण वह घटिया राजनीति पर उतर आई है अनुराग ठाकुर भाजपा सांसद अनुराग ठाक्र ने कहा है कि भ्रष्टाचार रोकने के प्रति कांग्रेस गंभीर नहीं है अनुराग ठाक्र ने आज एक बयान में कहा कि लोकपाल चयन समिति की बैठक में गैर हाजिर रहकर नेता प्रतिपक्ष मल्किार्जुन खडगे ने ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ है उन्होंने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए लोकपाल के गठन को केंद्र की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता करार दिया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और कालेधन के सारे रास्ते बंद करने के लिए एक के बाद एक कड़े कानून बनाए सरकार के इन फैसलों से विकास कार्यो में भ्रष्टाचार खत्म करने में बड़ी कामयाबी मिली है अनुमति मण्डी के जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त ऋग्वेद ठाक्र ने जिले में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव प्रकिया पूरी होने तक बिना इजाजत के अपने क्षेत्र से बाहर जाने पर रोक लगा दी है इस संबंध में आज जारी आदेशों में कहा गया है कि किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को अपने क्षेत्र से बाहर जाने से पहले अनुमति लेना जरूरी होगा ये आदेश पुलिस बल पर भी लागू होंगे एसपी लाहौल स्पीति लाहौल स्पीति के पूलिस अधीक्षक राजेश धर्माणी जिले के लाइसेंस धारकों से तय समय सीमा के भीतर अपने अपने हथियार संबधित थानों में जमा करवाने को कहा है

लेकिन जिले की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए इस महीने के अन्त तक हथियार जमा करवा सकते है

उमेश नेगी ने आज रिकांगपिओ में एक पत्रकारवार्ता में आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में सत्ता में आने के बाद से जिले में नोतोड़ भूमि के आबंटन और एफआरए पर पूरी तरह रोक लगा दी है उन्होंने इस मौके पर जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की भी घोषणा की शिकायत प्रदेश भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति ने प्रदेश कांग्रेस द्वारा किए गए एक कथित आपत्तिजनक ट्विट को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग से शिकायत की है भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के प्रभारी चंद्रमोहन ठाकुर ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अभी से अपनी हार सामने देख बौखला गई है और झूठ व फेब का सहारा लेकर प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहती है उन्होंने कांग्रेस के टिवट को भाजपा विधायक और प्रदेश के मुख्यमंत्री की छवि खराब करने का भद्दा प्रयास करने का भी करार दिया चंद्रमोहन ठाक्र ने केंद्रीय चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि दोषियों के खिलाफ त्रंत आपराधिक मामला दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाए ताकि कांग्रेस भविष्य में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न करें मतदाता लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाज का हर वर्ग राजनीतिक रूप से जागरूक होता दिखाई दे रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट डालने जा रहे मतदाताओं की हमारे सोलन प्रतिनिधि ने नब्ज टटोलने का प्रयास किया पहली बार मत डालने जा रहे इन युवाओं का कहना था कि वह एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो पढाई के साथ साथ रोजगार के भी अवसर उपलब्ध करवाए और देश का स्वर्णिम विकास सुनिश्चित करें

राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने मनोहर पर्रिकर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि मनोहर पर्रिकर एक ईमानदार राजनीतिज्ञ थे और देश के प्रति उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा भारतीय पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने भी पर्रिकर के निधन पर गहर दुख जताया संगठन ने पर्रिकर के निधन पर आज धर्मशाला में एक शोकसभा का भी आयोजन किया और देश को दी गई उनकी सेवाओं को याद किया इस बीच आज प्रदेश भर में तमाम सरकारी इमारतों और सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा उड़ानें लाहौल घाटी के सिस्सु व गोंदला में दो महीने से संचार सेवाएं ठप्प होने और बीआरओ के पास सड़कें बहाल करने के लिए मशीनरी के अभाव के विरोध में इलाके के लोगों ने आज सिस्स में प्रधान समन के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना आरंभ कर दिया इलाके के लोगों का कहना है कि दो महीने से सड़कें अवरूद्ध होने और संचार सेवा ठप्प होने के बारे में प्रशासन को बार बार अवगत करवाने के बावजूद लोगों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है

इस बीच लाहौल घाटी के लिए साफ मौसम के बावजूद आज प्रस्तावित हैलीकॉप्टर की तीन उड़ानें नहीं हुई जिससे लोगों में रोष है

डीएसपी विजिलेंस प्रतिभा चौहान ने इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है

तबादले के बाद अमित कश्यप को पर्यटन विभाग के निदेशक का कार्यभार सौंपा है वह नगर एवं ग्राम योजना विभाग के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी देखेंगे समाचार एजेंसी हिंदुस्थान समाचार के मुताबिक नगर व ग्राम योजना विभाग के निदेशक राजेश्वर गोयल को शिमला जिला का उपायुक्त बनाया गया है